एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन बैठकों में अगले वित्त वर्ष के बजट की विधायक प्राथमिकता के निर्घारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा इस दौरान विधायकों से बजट के लिए खर्च कम करने के उपायों वित्तीय संसाधन जुटाने व बेहतर प्रशासन को लेकर प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी मेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी

उन्होंने क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन विकास कार्यों का जायज़ा लिया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर पूरी पादर्शिता के साथ इन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि निगम द्वारा बिलासप्र मंडी कुल्लू तारादेवी और जसूर में आध्रनिक चालिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं

वन मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए गहन सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के कारण लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है सीएए जागरूकता रैली राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आज ऊना में एक रैली का आयोजन किया गया परिषद के प्रांतीय सहसचिव सुनील जसवाल के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया ै बाद में एक जनजागरूकता कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और राज्य उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कमार ने भी नए कानून को लेकर अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी से नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि तीन पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए है उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद प्रावधानों में कुछ संशोधन किया गया है

इसी कड़ी में पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप की मौजूदगी में आज अनुसंधान केन्द्र के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िला के कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र की डंगोली पंचायत में पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने दंगल प्रतियोगिता के विजेता पॅहलवानों को नवाजा दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों की तीन जोड़ियों को एक एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक एक करोड़ रूपये की लागत से खेल मैदानों व ॅस्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कृश्ती जैसे पारम्परिक खेल के संरक्षण पर बल दिया प्रदर्शनी चंबा ज़िला के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी चंबा में लगाई गई है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और उद्योग विभाग के सहयोग से लगाई गई इस प्रदर्शनी में चंबा रूमाल चंबा चुख और मूर्तिकला सहित अन्य हाथ से बनाए गए उत्पाद रखे गए हैं इस दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें युवाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद रखे गए हैं बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों की खरीददारी करने पहुंच रहे हैं ऐसे आयोजनों से जहां स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने का मंच भिलता है वहीं लोगों को विभिन्न उत्पाद एक ही स्थान पर उचित मूल्य पर मिलते हैं